झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में डॉक्टरों नर्सों और स्वास्थ्यकर्भियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं होने पर जताई नाराजगी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे फरवरी के पहले सप्ताह से कोरोना के खिलाफ लडाई में शामिल अग्रणी पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाना शुरू करें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

इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है इस अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी में राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है अपने संदेश में उन्होंने कहा है लोगों को गांधी जी के शांति अहिंसा सरलता और विनम्रता के आदर्शों को अपनाना चाहिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्रद्दांजलि अर्पित करते हुए एक ट्वीट संदेश में कहा है कि बापू के आदर्श आज भी करोडों लोगों को प्रेरणा देते हैं उन्होंने कहा है कि उनके बलिदान दिवस पर हम उन महान महिलाओं और पुरुषों के बलिदान को याद करते हैं जिन्होंने अपना जीवन भारत की स्वतंत्रता और प्रत्येक भारतीय के कल्याण के लिए समर्पित किया है वहीं राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में राज्यपाल द्रोपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बापू की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए शहीद दिवस पर आज राज्यभर में कई कार्यक्रम आयोजित किये गए विभिन्न जिलों में स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहृति देने वाले शहीदों को श्रद्वांजलि दी गई पलामू जिले में शहीदों के स्मृति में सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने दो मिनट का मौन रखा

उप विकास आयुक्त शेखर जमुआर ने शपथ पत्र पढ़ा जिसे सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने दोहराया झारखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा की रिम्स की व्यवस्था काफी लचर है झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से पूछा है कि रिम्स में डॉक्टरों नर्सों और पारा मेडिकल स्टाफ रिक्त पदों पर बहाली क्यों नहीं की जा रही है जिस पर रिम्स की ओर से अदालत को बताया गया कि मेडिकल स्टाफ और अन्य पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए योग्य उम्मीदवारों के मिलते ही चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी अदालत ने रिम्स से पूछा है की कोरोना काल में रिम्स में कौन कौन से उपकरण खरीदे गए हैं अब तक सीटी स्कैन एवं पैथोलॉजी की मशीन क्यों नहीं खरीदी गई है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक हो रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही इस बैठक में बजट सत्र में सरकार के विधायी कामकाज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा चल रही है केंद्र ने इस बैठक के लिए दोनों सदनों के सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है इस बार सर्वदलीय बैठक सत्र शुरू होने के बाद आयोजित की जा रही है कल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो गई सामान्य तौर से सर्वदलीय बैठक संसद सत्र शुरू होने से पहले ही होती रही है कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक की और निचली सदन का कामकाज सुचारू तरीके से चलाने में सभी दलों का सहयोग मांगा उधर राज्यसभा के सभापति एम वैंकेया नायडू ने भी कल उच्च सदन में सर्वदलीय बैठक बुलाई है कोरोना संकट को देखते हुए राज्यसभा और लोकसभा की बैठकें पांच पांच घंटे की पारियों में हो रही हैं राज्यसभा का कामकाज पूर्वार्द्व में जबकि लोकसभा का उत्तरार्ध में होगा राज्य में स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान ट्रेनिग सेंटर और सिनेमा हॉल को फिर से खोलने के संबंध में राज्य सरकार पांच फरवरी को फैसला लेगी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग की राज्यस्तरीय कमिटी की बैठक में इस संबंध में विचार विमर्श कर निर्णय लिया जायेगा जानकारी हो कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ही कोचिंग संस्थान और सिनेमा हॉल बंद है बैठक के दौरान वज्रपात से होने वाली मौत पर मिलने वाले मुआवजे की राशि के आवंटन पर भी मुहर लगेगी

समिति ने केंद्रीय पुस्तकालय का निरीक्षण किया समिति के चेयरमैन इरफान अंसारी ने कल शाम पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि छात्रों को आधुनिक पुस्तकालय देने का प्रयास किया जा रहा है पुस्कालय में सभी प्रकार की किताबों के अलावा वाईफाई की सुविधा हो

जबकि राज्य में कल कोरोना से एक मरीज की मौत भी हुई है

जबकि एक लाख सोलह हजार नौ सौ चार मरीज ठीक हुए हैं अब तक राज्य में एक हजार सतर मरीज की मौत कोरोना से हुई हैं

स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव मनोहर अगनानी ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि संबंधित मंत्रालयों के सहयोग से राज्यों के अग्रणी कार्यकर्ताओं के डेटाबेस को अपडेट किया जा रहा है

टीकाकरण के पहले चरण में देशभर के स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रणी कार्यकर्ताओं को कोरोना का टीका लगाया जाना है राज्यों को उनकी जरूरत के अनुसार कोविशील्ड और कोवैक्सीन की खुराक उपलब्ध करा दी गई है पत्र में राज्यों से सुनिश्चित करने को कहा गया है कि दोनों दवाओं की उपलब्धता के अनुपात में ही टीकाकरण की योजना बनाई जानी चाहिए

इसके बाद राजस्थान कर्नाटक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का स्थान है

मंत्रालय ने कहा है कि एक करोड तीन लाख से अधिक लोग इस बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं कोविड के सक्रिय मामलों में निरन्तर कमी आ रही है

अभी तक इस टीके का कोई दुस्प्रभाव का गंभीर मामला सामने नहीं आया है

रेलवे द्वारा जारी सूची के अनुसार एक फरवरी से हावड़ा भद्रक एक्सप्रेस एवं बीरमित्रपुर एक्सप्रेस का परिचालन शुरू होगा वहीं दो फरवरी से टाटा खडगपुर टाटा चक्रधरपुर टाटा बड़बिल चक्रधरपुर राउरकेला मेमू एवं पैसेंजर ट्रेनों की शुरूआत हो रही है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा क्षेत्रीय भाषा संस्करण रात्रि आठ बजे दोबारा प्रसारित किए जाएंगे

इससे कमरे में मौजूद मशीन ऑपरेटर व हाईवा चालक की मौत हो गई इस घटना में तीन अन्य लोग घायल हो गए जिनका नजदीक के अस्पताल में इलाज चल रहा है घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुटी है थाना प्रभारी ने बताया कि चालक की लापरवाही से यह घटना हुई है मृत मशीन ऑपरेटर की पत्नी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है

रांची में कल सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और कई हिस्सों में हल्की ब्रूदाबांदी भी हुई

मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक अगले दो दिनों तक रांची के अधिकतम और न्यूनतम तापमाम में गिरावट जारी रहेगी रांची समेत पलामू गढ़वा चतरा कोडरमा लातेहार लोहरदगा बोकारो खूंटी गुमला रामगढ़ और हजारीबाग में मेघ गर्जन के साथ मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है इसके साथ ही वजपात भी हो सकता है साथ ही जिन इलाकों में बारिश नहीं हुई है वहां मध्यम दर्जे का कोहरा देखने को मिल सकता है